इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी मजबूती मिलेगी प्रधानमंत्री आज असम के कोकराझार में एक रैली को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रोत्तर के संपूर्ण विकास के लिए काम कर रही है और पूर्वोत्तर अब पर्यटन के नये केन्द्र के रूप में उभर रहा है राशन कार्ड केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने स्पष्ट किया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत नए राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे राज्य सभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री पासवान ने कहा कि पूरे देश में खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी के लिए पुराने कार्ड ही चलेंगे उन्होंने योजना के अंतर्गत नए कार्ड जारी करने वाली सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्ट को खारिज किया श्री पासवान ने कहा कि ये योजना इस वर्ष जून से पूरे देश में लागू की जाएगी

लोक अदालत प्रदेश भर में कल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा इसमें विभिन्न प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर निराकरण होगा

शिवपुरी जिले में आयोजित लोक अदालत में संपति और जल कर सहित अन्य करों के अधिभार पर छूट दी जायेगी

पुरस्कार सिग्नल्स कोर के मार्चिंग दस्ते का आज जबलपुर लौटने पर भव्य स्वागत किया गया

इस मौके पर तानिया शेरगिल और उनकी टीम के सम्मान में गौरव रैली निकाली गई गौरतलब है कि मार्चिंग दस्ते नेतृत्व केप्टन तानिया शेरगिल ने ही किया था खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शहडोल जिले में पात्र हितग्रहियों के सत्यापन का काम तेजी से किया जा रहा है

अभी तक लगभग एक लाख परिवारों का सत्यापन हो चुका है

इसके तहत राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि यदि उनके कार्यस्थल के आसपास ऐसी कोई धरोहर हो जिसके बारे में लोग जानते नहीं है तो ऐसे स्थलों को चिन्हित कर उनके जीर्णोद्वार का कार्य प्रारंभ किया जाये मौसम मौसम के बदलते मिजाज और ठंड के असर के बीच पूर्वी हिस्से में बारिश की संभावना बन रही है उधर मंडला से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज जिले में रिमझिम बारिश होने से ठंडक बढ़ गई है वहीं सिवनी में भी आज बारिश हुई